पंचायत चुनाव हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है

ये चुनाव पंचायतों पंचायत समितियों और ज़िला परिषद के लिए होंगे

इसी रोज़ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी

आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि पंचायत प्रधानों उप प्रधानों और वार्ड मैम्बरों के लिए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद होगी

इसी तरह मंडी ज़िला के धर्मपुर विकास खंड में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत प्रधानों के चुनाव नहीं होंगे सचिव ने कहा कि लाहौल स्पिति को छोड़कर अन्य सभी ज़िलों में संबंधित उपायुक्त व ज़िला निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने ज़िलों में चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम केलंग काजा और पांगी विकास खंडों तथा कुल्लू ज़िला के नग्गर विकास खंड की ग्राम पंचायत करजान व सोयल तथा आनी विकास खंड की ग्राम पंचायत नम्होग पर लागू नहीं होगा सुरेश कश्यप इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनावों में जीत के लिए धरातल पर मज़बूती से काम कर रही है उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है जिसका नेतृत्व वह स्वयं कर रहे हैं

सुरेश कश्यप ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इन चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार को संरक्षित करने पर बल दिया है जयराम ठाकुर आज हरियाणा के कुरूक्षेत्र में आयोजित पांचवें अंतर्राष्ट्रीय गीता सैमीनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे इस वर्ष आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय सैमीनार का विषय सतत अस्तित्व और श्रीमद भगवद गीता दर्शन है उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भगवद गीता की शिक्षाओं के महत्व से अवगत करवाया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि गीता आध्यात्मिक शिक्षा का भंडार है जो हमें धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाती है उन्होंने कहा कि गीता हमें जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से भी अवगत कराती है और यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है उन्होंने इस मौके पर ब्रह्म सरोवर में पूजा की तथा एक पुस्तक और स्मारिका का विमोचन भी किया किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि गम्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किया जाएगा इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है इसके खुल जाने से बाहरी राज्यों से कांगड़ा घाटी घूमने आने वाले पर्यटकों को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी किशन कपूर आज धर्मशाला में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा से पैदा हुई परिस्थितियों में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई साहसिक और प्रभावी नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में जल्दी ही पटरी पर लौटेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है बल्कि उनका विज़न आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिरता और इसके दूरगामी उददेश्यों की पूर्ति से भी है अनुराग ठाकर ने कहा कि कोरोना आपदा ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला है भारत भी इससे अछूता नहीं है मगर मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के अग्रणी संगठनों से आपसी तालमेल में पर जोर दिया ताकि पार्टी आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव मजबूती से लड़ सके राठौर आज शिमला में पार्टी के अग्रणी सगंठनों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने अग्रणी संगठनों कें प्रमुखों से कहा कि वे कोई भी नियुक्ति करने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विर्मश जरूर करें राठौर ने सभी प्रमुखों से पार्टी नेताओं के खिलाफ मीडिया में ब्यानबाजी से दूर रहने को भी कहा गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना के उपचार के लिए अस्पताल आने से न घबराएं उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के डर से ईलाज करवाने के लिए अस्पताल आने से हिचकिचा रहे हैं ऐसा करने से बीमारियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं और उपचार कठिन हो जाता है उन्होंने कहा कि कोरोना टैस्ट लक्षण वाले व्यक्ति का ही किया जा रहा है और स्वेच्छा से कोई भी ये टैस्ट करवा सकता है गोविंद ठाकुर आज क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कोविड केयर सैंटर का दौरा करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने इस महामारी से बचने के लिए लोगों से नियमों की अनुपालना करने की अपील की

अटल टनल लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर बिना इजाजत वेंडरो के उत्पाद बेचने पर पाबंदी लगा दी है उपायुक्त पंकज राय ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब मनाली से आकर नॉर्थ पोर्टल पर कोई भी वेंडर बिना अनुमति के अपने उत्पादन नहीं बेच सकेगा उन्होंने कहा कि ये निर्णय नॉर्थ पोर्टल पर ट्रैफिक जाम और कूड़े कचरे की समस्या की दृष्टिगत लिया गया है

राज्य में आज कोरोना के एक सौ एक नए मामलों की पुष्टि हुई है

नैशनल हाईवे नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परियोजना निदेशक पालमपुर अनिल सेन ने कहा है कि नूरपुर उपमंडल में फोरलेन के निर्माण की प्रकिया जारी है

उन्होंने कहा कि फोरलेन के इस हिस्से का निर्माण कार्य अगले वर्ष अप्रैल महीने से शुरू कर दिया जाएगा